श्री मोदी मुजफ्फरपुर के जीवछ राम समेत देशभर के कई लाभार्थियों से करेंगे बातचीत

और राज्य सरकार ने हड़ताल पर गये शिक्षकों के वेतन पर लगायी रोक

हमारे संवाददाता ने बताया कि दस लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि एक अन्य की मौत स्थानीय अस्पताल में इलाज के दौरान हुयी एक चरपहिया वाहन और ट्रैक्टर के बीच हुयी टक्कर में यह हादसा हुआ सभी मृतक हथौड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले बताये जाते हैं घायलों का इलाज में चल रहा है जिला प्रशासन ने सभी मृतकों के निकटतम आश्रितों को चार चार लाख रूपये अनुग्रह अनुदान और घायलों के निःशुल्क इलाज की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नई दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए जन औषधि दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे श्री मोदी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के सात केन्द्रों से बातचीत करेंगे इस योजना की उपलब्धियों के प्रसार तथा इसे और गति देने के लिए आज देशभर में जन औषधि दिवस बनाने का निर्णय लिया गया है इस अवसर पर प्रधानमंत्री चयनित स्टोर के मालिकों और मुजफ्फरपुर के जीवछ राम समेत देशभर के अन्य लाभार्थियों से बातचीत करेंगे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मुजफ्फरपुर से इस संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रत्येक जन औषधि केन्द्र से द्रदर्शन के माध्यम से प्रधानमंत्री का संदेश भी प्रसारित होगा चयनित स्टोर में चिकित्सकों संवाददाताओं औषधि विक्रेताओं और लाभार्थियों के साथ जन औषधियों के बारे में परिचर्चा आयोजित की जाएगी आकाशवाणी के साथ विशेष भेंट में रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसूख मंडाविया ने कहा कि देश में रोजाना गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के करीब तीन लाख लोग जन औषधि भंडारों में किफायती दर पर दवाएं खरीदने आते हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने अधिक मूल्य पर मास्क बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है कोरोना वायरस संक्रमण की आशंका में बाजार में मास्क की मांग बढ़ी है और उसके लिए सामान्य से अधिक कीमत ली जा रही है इधर कोरोना वायरस को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिये राज्य के मूख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन किया गया है साथ ही पूरे राज्य में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना वायरस संक्रमण की जानकारी चौबीस घंटे काम करने वाला हेल्पलाईन नम्बर एक शुन्य चार जारी किया गया है इधर मलेशिया से आये पटना के एक यूवक में कोरोना वायरस संक्रमण की रिपोर्ट निगेटिव आयी है

मानव से पशु में या पशु से मानव में अभी तक ट्रेस नहीं मिला है ऐसी स्थिति में किसी भी वैश्विक रिपोर्ट में अब तक कुटकुट से मानव में कोरोना वायरस का संक्रमण का पता होने का भी नहीं चला है कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुये बिहार के विभिन्न जेलों में नये कैदियों की सघन स्वास्थ्य जांच के निर्देश दिये गये हैं कारा चिकित्सा सेवा के निदेशक डॉक्टर परमेश्वर पाण्डेय ने इस संबंध में सभी जेल अधीक्षकों को निर्देश जारी करते हुये कहा है कि यदि किसी भी कैदी में कोरोना के लक्षण पाये जाते हैं तो तुरंत सिविल सर्जन को इसकी सूचना दें गया और बोथगया के अंतरराष्ट्रीय महत्व को देखते हुए कोरोना वायरस के प्रति विशेष सतर्कता बरती जा रही हमारे संवाददाता ने बताया कि गया के अनुग्रह नारायण मेडिकल कालेज अस्पताल में बीस बेड रेलवे अस्पताल में छह बेड और हवाई अड्डा पर ग्यारह बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है पटना में स्वाइन फ्लू का एक मामला प्रकाश में आया है पटना सिटी के गायघाट की छात्रा में इस बीमारी की पुष्टि हुयी है पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर राजकिशोर चौधरी ने बताया कि इलाज के लिये सभी आवश्यक प्रबंध किये गये हैं छात्रा के ब्लड जांच की पोजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उनके परिजनों को भी स्वाईन फ्लू न हो इसके लिये दवाई उपलब्ध करायी गयी है पूरे परिवार को घर से नहीं निकलने का निर्देश दिया गया है राज्य सरकार ने हड़ताल पर गये शिक्षकों के वेतन को अगले आदेश तक रोक लगा दी है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने कहा है कि हड़ताल में शामिल शिक्षकों को नो वर्क नो पे के सिद्धांत पर जनवरी और फरवरी महीने के वेतन का भूगतान नहीं किया जायेगा साथ ही जिन अनुदानित शिक्षकों को मूल्यांकन कार्य में लगाया गया है अगर वे मूल्यांकन में योगदान नहीं देते हैं तो उनका भी वेतन रोकने का आदेश दिया गया है विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हड़ताल से अलग रहने वाले शिक्षकों को होली से पहले जनवरी और फरवरी महीने का वेतन एक साथ देने का आदेश दिया गया है श्रम संसाधन विभाग ने भवन निर्माण से जुड़े मजदूरों को कपड़ा के लिये प्रति वर्ष दो हजार पांच सौ रूपये देने का निर्णय लिया है यह राशि निबंधित मजदूरों के बैंक खातों में सीधे भेजी जायेगी इस निर्णय से सत्रह लाख से अधिक निबंधित मजदूरों को लाभ मिलेगा

आईएमए के उपाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि इस दौरान सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में इमरजेंसी को छोड़कर सभी सेवाएं ठप्प रहेंगी प्रदेश के कई हिस्सों में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है हमारे पश्चिम चंपारण संवाददाता ने बताया है कि सुबह से असमान में बादल छाये हैं और ब्रंदाबांदी हो रही है पटना के कुछ हिस्सों में देर रात तेज हवा के साथ हल्की बारिश हुयी है

इस दौरान कहीं कहीं वजपात भी हो सकती है सिपाही बहाली परीक्षा के दूसरे चरण की परीक्षा कल होगी परीक्षा के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं इधर पूर्व मध्य रेलवे पुलिस भर्ती परीक्षा के मद्देनजर आज और कल कई विशेष ट्रेनों का परिचालन कर रहा है बिहार लोक सेवा आयोग की पैंसठवीं प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है मुख्य परीक्षा के लिये छह हजार पांच सौ सत्रह अभ्यर्थियों को चयन किया गया है पटना के खुसरूपुर में पुलिस ने छापा मारकर एक करोड़ रूपये मूल्य का तीन सौ किलोग्राम गांजा जब्त किया है इधर मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट में पुलिस ने एक ट्रक से लगभग पांच क्विंटल गांजा बरामद किया है पटना में खेले जा रहे ऑल इंडिया सिविल सर्विस वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के तीसरे दिन मध्य प्रदेश के राजेश सुखवारे और आरएसबी अहमदाबाद के अनिल कुमार ने अलग अलग स्पर्धाओं मे स्वर्ण पदक जीते हैं इस टूर्नामेंट के पावर लिफ्टिंग के छियासठ किलोग्राम भार वर्ग में आरएसबी पटना के उपेंद्र कुमार ने कांस्य पदक जीता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 हिन्दुस्तान लिखता है स्कूलों में प्रयोगशाला उपकरण खरीद की जांच होगी दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को प्रमुखता से प्रकाशित किया है जिसमें कहा गया है कि मुआवजा ठुकराने वालों को भूमि अधिग्रहण रद्द कराने का अधिकार नहीं प्रभात खबर की सुर्खी है नये कोइलवर पुल का एक लेन अगले महीने में होगा चालू दैनिक भास्कर राष्ट्रीय सहारा और आज समेत अन्य सभी समाचार पत्रों ने कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

श्री मोदी मुजफ्फरपुर के जीवछ राम समेत देशभर के कई लाभार्थियों से करेंगे बातचीत